पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में

और चौसठवीं राष्ट्रीय स्कूली रग्बी टूर्नामेंट में बिहार ने चार पदक जीते

पटना सहित कई जिलों में लगातार तापमान घट रहा है हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण कनकनी बढ़ गयी है राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान छह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा न्यूनतम तापमान सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है गया का न्यूनतम तापमान इस वर्ष सबसे नीचले स्तर पर दो दशमलव सात डिग्री पर जा चुका है गया में न्यूनतम तापमान का दस वर्षों का रिकॉर्ड ट्टने के करीब है मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में शीतलहर की स्थिति और ज्यादा होगी घना कोहरा छाये रहने के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है कई ट्रेनें घंटो विलंब से चल रही है ठंड को देखते हुये राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया है अब इन केंद्रों को दोपहर बारह बजे से दिन के दो बजे तक ही खोला जायेगा पिछले ढाई महीनों में पेट्रोल तेरह रूपये उनासी पैसे और डीजल बारह रूपये छह पैसे सस्ता हुआ है इससे पेट्रोल के दाम दो हजार अठारह में सबसे निम्न स्तर पर आ गये जबकि डीजल नौ महीने में सबसे नीचले स्तर पर आ गयी है रूपये में मजबूती और क्रुड की गिरती कीमतों के कारण पेट्रोलिमय कंपनियों को ईंधन के दाम घटाने पड़ रहे हैं अगले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य में और गिरावट हो सकती है पेट्रोलियम एण्ड नेच्रल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी पटना समेत राज्य के सात जिलों में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस के आपूर्ति पर कार्य शुरू कर चुका है इनमें पटना के साथ भोजपुर बेगूसराय गया रोहतास कैमूर और औरंगाबाद शामिल है इसके साथ ही राज्य के अन्य इक्कीस जिलों में भी पाइपलाइन से रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी ओबीसी की जातिगत आबादी के आंकड़े जूटाने के लिये देशभर में सर्वेक्षण किया जायेगा

ओबीसी परिवारों में शिक्षा के स्तर और रोजगारी स्थिति की जानकारी भी इस दौरान जुटाये जायेंगे पांच सदस्यी आयोग की प्रमुख जस्टिस जी रोहिणी ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत को लिखे पत्र में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की केंद्रीय लिस्ट में दो हजार छह सौ से अधिक जातियां हैं बिहार में ओबीसी आरक्षण को पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा श्रेणी में बांटा गया है मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने के पहले उन्नीस सौ अठहत्तर में ही इसे लागू किया गया था औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र सुदी बिगहा गांव में हुये नक्सली हमले के बाद प्रलिस ने नक्सलियों द्वारा फेंका हुआ पर्चा सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किये हैं नक्सली हमले की घटना के बाद जिले के सभी थाना क्षेत्रों को हाई अलर्ट कर दिया गया है साथ ही थानों को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिये गये हैं पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि इस घटना के बाद नक्सलियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है इस बीच बिहार विधान पार्षद राजन कुमार सिंह ने मूख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग की है उन्होंने कहा कि नक्सलियों की ओर से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही ह गौरतलब है कि नक्सली हमले में विधान पार्षद के घर पर हमला कर उनके रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान को बर्ड फ्लू वायरस से मुक्त करने के लिये आईबीआईबीआरआई की टीम लगातार जांच कर रही है नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों का एक दल आज से दस दिनों तक पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का निरीक्षण कर बर्ड फ्लू की बीमारी फैलने से रोकने का उपाय करेगा इधर भागलपुर जिले में सौ से ज्यादा मुर्गे मुर्गियों की मौत खबर है ऐसी आशंका जतायी जा रही है कि इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुयी है इधर राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को देखते हुये लोगों से चिकेन और अंडा खाने में सावधानी बरतने की अपील की है परिवहन विभाग व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस के लिये वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम लायेगा विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बकाया फिटनेस चार्ज एकमुश्त जमा करने पर जुर्माना माफ होगा रेलवे ने यात्रियों को सेवायें देने वाली कंपनियों के लिये एक नई योजना पेश की है इसके लिये कंपनियों को चलती ट्रेनों में यात्रियों को सामान और सेवायें उपलब्ध कराने के बदले विज्ञापन की अनुमति मिलेगी पटना साहिब रेल पुलिस ने सवा पांच किलो चांदी की जेवर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार पटना और मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स चार सौ चौदह जबकि मूजफ्फरपूर का चार सौ बीस रिकॉर्ड किया गया है इस श्रेणी की हवा स्वास्थ्य के लिये सबसे खतरनाक मानी गयी है वर्ष दो हजार अठारह की समाप्ति और नये वर्ष के आगमन के जश्न को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये है बर्ड फ्लू को देखते हुये पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के बंद होने के बाद राजधानी पटना के विभिन्न पार्को में भीड़ अधिक होने की संभावना है राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती की गयी है पटना जिला प्रशासन ने शहर के उन्नीस सार्वजनिक स्थलों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की है शहर के होटलों और क्लबों में पूलिस बल और अधिकारी सूरक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे प्रशासन ने गंगा नदी में नाव चलाने पर रोक लगा दी है साथ ही प्रमुख स्थलों पर नियंत्रण कक्ष बनाये गये हैं भूवनेश्वर में आयोजित चौसठवीं राष्ट्रीय स्कूली रग्बी टूर्नामेंट में बिहार ने चार पदक जीते हैं बालक वर्ग के अंडर फोर्टीन वर्ग में बिहार ने रजत पदक जबकि बालिका वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया बालिका के अंडर सेवेंटीन वर्ग में बिहार ने रजत वहीं अंडर नाईंटीन बालक वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया असम के जोरहाट में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्र्प में बिहार ने मिजोरम के खिलाफ अपनी पहली पारी में सात विकेट पर तीन सौ नवासी रन बना लिये हैं बिहार की ओर से रहमतुल्लाह निन्यानवे आशुतोष अमन एक सौ आठ और विवेक ने चौरानवे रन बनाये और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है तीन तलाक पर आज आर पार राज्यसभा में विधेयक पेश होगा कांग्रेस और भाजपा ने अपने सांसदों की मौजूदगी के लिये व्हिप जारी किया दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है जल थल और नभ में परमाणु संपन्न देश बना भारत दैनिक भास्कर की सूर्खी है जस्टिस रोहिणी आयोग ने केंद्र को खत लिखकर दी जानकारी आरक्षण में आरक्षण के लिये देश भर में पिछड़े वर्गों का होगा सर्वे दस लाख परिवारों का सर्वे करवाने की योजना प्रभात खबर ने लिखा है गया में दस वर्षो का रिकॉर्ड ट्रटने के करीब गया में दो दशमलव सात डिग्री तक गिरा तापमान आज अखबार लिखता है मुख्यमंत्री ने किया पावरग्रिड एवं सोलर चलित पेयजल उपक्रम का उद्घाटन ककोलत का होगा कायाकल्प एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है ट्रेन में जिसका विज्ञापन उसी का प्रोडक्ट बिकेगा नवबिहार टाईम्स की खबर है औरंगाबाद के सभी थानों को किया गया हाई अलर्ट और अब अंत में मुख्य समाचार पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में

और चौसठवीं राष्ट्रीय स्कूली रग्बी टूर्नामेंट में बिहार ने चार पदक जीते